जयपुर जोधपुर बीकानेर अलवर और अजमेर कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट बने हुए हैं

राज्य संरकार ने प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका जताई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से पटाखे नहीं चलाने की अपील की है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

प्रदेशभर में आज से बाल अधिकार सप्ताह आयोजित किया जा रहा है

इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ ही बाल श्रम बाल विवाह और बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम जैसे बाल अधिकार से जूड़े विषयों पर प्रभावी कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और योजनाओं का लाभ बालकों तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना के दिशा निर्देशों की पुस्तिका का विमोचन भी किया श्री गहलोत ने जोधपुर के कौशल और परामर्श प्रशिक्षण केन्द्र का मी उदघाटन किया प्रदेशभर में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कल गोवर्धन पूजा अन्नकूट और सोमवार को भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा कोविड महामारी के कारण मन्दिरों में दीपोत्सव पर व्यापक आयोजन नहीं किये गये हैं कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही श्रद्वालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है कोरोना महामारी के मद्दे नजर इस बार प्रदेश में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है राजघानी जयपुर सहित प्रदेशभर में कई स्थानों पर बाजारो में आकर्षक सजावट की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं और बधाई दी हैं राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के ख्रशहाल जीवन की कामना की है श्री मिश्र ने कोविड के विकट समय में आमजन से पटाखों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपों का यह पर्व असत्य अन्याय और शोषण के विरूद्व सत्य न्याय और संघर्ष की विजय का उत्सव है प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार दीपावली पर वे एक एक दीया सैनिकों को सम्मान में जलाएं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दीया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कई राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश वायू और ध्वनि प्रद्षण से बचने के लिए इस बार हरित दीपावली मना रहे हैं

यह प्रतिबंध देशभर में उन महानगरों और शहरों में लागू होगा जहां वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब है यह आदेश ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिन्हें कोविड महामारी के बीच वायु प्रदूषण से ज्यादा खतरा है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

प्रदेश में हल्की सर्दी का असर बना हुआ है कुछ स्थानों पर सुबह और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है वहीं कहीं कहीं तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है